राज्य विधानसभा में आज गूंजा अवैध रेत उत्खनन का मामला

वाहनों की फिटनेस जांच को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश में एम वाहन नाम से ऐप शुरू

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि अस्पतालों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे टीकाकरण के लिए एक निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण करें वे किसी भी समय टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ा सकते हैं उन्होंने कहा कि इससे टीकाकरण अभियान को गति देने में मदद मिलेगी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों पर लागू होगी इस बीच केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना और इसी तरह की राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत पैनल में शामिल सभी निजी अस्पतालों को भी कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में अनुमति देने का फैसला किया है समी निजी अस्पतालों की शत प्रतिशत क्षमता का उपयोग करने के लिए यह फैसला किया गया है इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण से हुई मौतों का विश्लेषण करने और भविष्य में इस पर रोक लगाने के लिए केन्द्र से एक दल पहुंचा हुआ है जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने जांच दल को बताया कि लापरवाही और कोरोना जांच नहीं कराने की वजह से कई लोगों की स्थिति गंभीर हुई है उन्होंने बताया कि मरीज की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें अस्पताल लाया जाता है जिससे उनके बचर्ने की उम्मीद कम रह जाती है श्री ठाकुर ने बताया कि जिले में कोरोना टीकाकरण के लिए पांच नये निजी अस्पताल का चयन किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग टीका लगवा सके कोविड टीका देश में अब तक एक करोड़ छप्पन लाख से अधिक लोगों का कोरोना टीकाकरण किया जा चुका है राष्ट्रपति रामनाथ कोविद ने आज राष्ट्रीय राजधानी के आरआर अस्पताल में कोविड का पहला टीका लगवाया इधर छत्तीसगढ़ में मी साठ वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र ऐसे लोग जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें भी कोरोना टीका लगाने का सिलसिला जारी है कल तक ऐसे ग्यारह हजार तीन सौ सात लोगों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है वहीं दो लाख सत्ताईस हजार तीन सौ चौरानवे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को और एक लाख अंठावन हजार चार सौ पवहत्तर फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड टीकाकरण का पहला डोज दिया जा चुका है जो लक्ष्य का अठासी प्रतिशत से अधिक है इसके अलावा इन्हीं लोगों में से इकसठ हजार चार सौ अड़तीस को कोरोना टीका का दूसरा डोज भी लगाया जा चुका है वहीं प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के दो सौ सोलह नये मामले सामने आए हैं राज्य में अब तक तीन लाख तेरह हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है इनमें से तीन लाख छह हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं वर्तमान में दो हजार आठ सौ से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है इस बीच खबर मिली है कि दूर्ग से कांग्रेस के विधायक अरूण वोरा और खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है

भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने शून्यकाल में स्थगन के जरिये इस मामले को उठाते हुए कहा कि लोगों के पास महंगी रेत खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अवैध रेत उत्खनन की वजह से शिवनाथ नदी की दिशा बदल रही है नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अवैध उत्खनन को बढ़ावा देने के लिए निविदा प्रक्रिया अपनाई गई है उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है पर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धरमजीत सिंह ने राज्य सरकार के संरक्षण में रेत का अवैध उत्खनन किए जाने का आरोप लगाया आसंदी ने स्थगन की सचना को विचाराधीन रखा जिसके बाद असंतृष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन में जमकर नारेबाजी की तब आसंदी नें इस विषय पर किसी न किसी माध्यम से चर्चा कराने की व्यवस्था दी विधानसभा में आज ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से प्रदेश में वन्यप्राणी के अवैध शिकार किए जाने का मामला उठाया गया पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बीते चौबीस फरवरी को मादा तेंदुएं का शव बरामद किया गया था जिसमें मादा तेंदुए के शरीर से कई अंग गायब थे उन्होंने शिकार की आशंका जताई जवाब में वन मंत्री मोहम्मद अकंबर ने कहा कि गंडई में एक तेंदुआ मृत मिला था सुचना मिलने के बाद अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे थे

इस अपराध में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से तेंदुए के माथे की चमड़ी और पैर बरामद किया गया है श्री अकबर ने सदन में बताया कि अवैध शिकार रोकने हरसंमव कार्रवाई की जा रही है विस टैक्स चोरीशराब मामला विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा ने वाणिज्य कर विभाग द्वारा टैक्स चोरी के मामले में छापामार कार्रवाई को लेकर सवाल किया जवाब में मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि टैक्स चोरी को रोकने के लिए कल दस स्थानों पर छापे मारे गए इन प्रकरणों में कर निर्घारण की कार्रवाई की जा रही है और कर निर्धारण के बाद ही चोरी की राशि का पता लगाया जा सकेगा वहीं विधानसभा में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने शराब पर लिए गए टैक्स की राशि का कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए खर्च नहीं किए जाने का मामला उठाया उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने इस राशि का दूरूपयोग किया है आसंदी के निर्देश पर जवाब देते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर ने सदन को बताया कि विशेष कोरोना शुल्क की राशि का उपयोग उसी मद में किया जा रहा है जिस मद में अधिरोपित की गई है बाद में मंत्री के जवाब से असंतृष्ट भाजपा विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया

पहले दिन करीब साढे तीन हजार अभ्यर्थी उपस्थित हुए इस दौरान प्री हाइट के लिए लगभग दो हजार और दौड़ में दो सौ सत्तर अभ्यर्थियों ने पात्रता हासिल कीं यह भर्ती रैली बारह मार्च तक चलेगी इस भर्ती रैली में छत्तीसगढ़ के अट्ठाईस जिलों के करीब चालीस हजार उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं भर्ती रैली में सैनिक सामान्य डयूटी लिपिक तकनीकी नर्सिंग और ट्रेडमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी रायपूर जिले के आवेदकों के लिए छह सात और दस मार्च की तिथि निर्धारित की गई है आयोजकों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवारों से चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र लाने के लिए कहा है भर्ती रैली के संबंध में पूछताछ के लिए कंट्रोल रूम जिला रोजगार कार्यालय मालवीय नगर दुर्ग में स्थापित किया गया है

वाहन फिटनेस जांच वाहनों की फिटनेस जांच को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश में बीते एक मार्च से एम वाहन नाम से ऐप शुरू किया गया है इससे गाडियों की जांच के बिना फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सकेगा इस प्रक्रिया में गाड़ियों की फिटनेस के बाद फोटो खींचकर ऐप में डाउनलोड की जाएगी इससे फिटनेस की पूरी जानकारी ऐप के माध्यम से विमाग के पास सुरक्षित हो जाएगी उसके बाद रसीद दी जाएगी जिसमें क्यूआर कोड होगा अगली बार फिटनेस जांच के लिए गाड़ी आने पर उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी राज्यपाल मुलाकात नई दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए छत्तीसगढ़ एनएसएस के दो स्वयंसेवकों ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में सौजन्य मुलाकात की इस मौके पर राज्यपाल ने उन्हें सम्मानित किया राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना से नेतत्व क्षमता का विकास होता है और आत्मविश्वास की भावना जागत होने से व्यक्ति कमी असफल नहीं होता गौरतलब है कि एनएसएस के स्वयंसेवक राकेश कुमार और सत्येन्द्र साहू को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रचार समिति बैठक भारत सरकार के रायपुर स्थित प्रादेशिक लोकसंपर्क कार्यालय में आज अंतर माध्यम प्रचार सभिति की बैठक आयोजित की गई इस बैठक की अध्यक्षता पत्र सचना कार्यालय के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने की बैठक में कोरोना महामारी से बचाव और टीकाकरण अभियान को लेकर प्रचार प्रसार के लिए रणनीति बनाई गई इस बैठक में आकाशवाणी द्रदर्शन स्वास्थ्य विभाग और एम्स रायपुर के साथ ही अन्य विभागों के जनसंपर्क अधिकारी शामिल हुए खिलौना कार्यशाला राजधानी रायपुर में आज खिलौना और खेल से संबंधित सेफ्टी तथा स्टैंडर्ड विषय पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यक्रम में एमएसएमई डीआई के रायपुर कार्यालय के प्रमुख डॉक्टर विजय आर सिरसाठ ने कहा कि यह कार्यक्रम कार्यरत् और भावी उद्यभियों दोनों के लिए है उन्होंने बताया कि देश में लगभग पचयासी प्रतिशत खिलौनों का आयात किया जा रहा है उन्होंने उद्यमियों को इस क्षेत्र में आगे आकर देश को आत्मनिर्भर बनाने का आव्हान किया कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ चैप्टर डिक्की के अध्यक्ष प्रमोद घरडे ने खिलौनों के निर्माण में उद्योगपतियों को आगे आने को कहा कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित प्रथम राष्ट्रीय वर्च्यअल टॉय फेयर की जानकारी दी गई रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट सडक सुरक्षा के महत्व के विषय में जन जागरूकता बढाने के लिए नवा रायपुर स्थित शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पांच से इक्कीस मार्च तक रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरेज क्रिकेट दूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा इस दौरान कल पंद्रह मैच होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस ट्रनामेंट का शुभारंभ करेंगे प्रतियोगिता के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जारी कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा टूर्नामेंट में टिकटों की कीमत अलग अलग श्रेणियों में रखी गई हैं नकली नोट बस्तर से लगे ओडिशा के कोरापूट जिले की पुलिस ने करीब आठ करोड़ रूपये के नकली नोट बरामद किए हैं इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के जांजगीर चांपा जिले के तीन व्यक्ति छत्तीसगढ़ के पंजीयन नंबर की कार से विशाखापट्नम की ओर जा रहे थे इस दौरान पुलिस की जांच में चार सूटकेसों में रखे पांच पांच सौ रूपये के पंद्रह सौ अस्सी बंडल जाली नोट जब्त किया गया पुलिस ने इनके पास से नकली नोटों के अलावा पांच मोबाइल और पैंतीस हजार रूपये नगद भी जब्त किया है संक्षिप्त समाचार आज विश्व वन्यजीव दिवस है यह दिन वन्यजीवों और पौधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस का विषय वन और आजीविका मानव और पृथ्वी का सतत् विकास है रायपुर कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा संकल्प परियोजना के तहत मार्च महीने में छह रोजगार सह कौशल मेला का आयोजन किया जाएगा यह मेला आठ से पच्चीस मार्च तक विभिन्न तिथियों में आयोजित होगा राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में लेखापाल द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है